प्रधानमंत्री ने देश की जनता से कोरोना को लेकर अति आत्मविश्वास से बचने का किया आहवान प्रदेश सरकार ने दुकानों को खोलने के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देशों को सख्ती से कार्यान्वित करने का लिया फैसला शिमला के चिड़गांव में भीषण अग्निकांड आधा दर्जन से अधिक घर जलें एक की मौत मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कोरोना से भारत की लड़ाई में देश की जनता ही नेतृत्व कर रही है लोग सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ रहे हैं उन्होंने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक इस लड़ाई में सैनिक है उन्होंने इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाने पर हर क्षेत्र के लोगों की सराहना की

प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे अति आत्म विश्वास के जाल में न फंसें और यह भ्रम न पालें कि कोरोना अभी उनके शहर गांव गली या कार्यालय तक नहीं पहुंचा है और न ही पहुंचेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि खुद को स्वस्थ रखने के लिए दो गज दूरी है जरूरी हमारा मंत्र होना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण लोगों की कार्य संस्कृति जीवन शैली और दैनिक आदतों में मूलभूत रूप से अनेक सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने आस पास मास्क लगाये और चेहरा ढके लोगों को देखकर हमें इसका प्रभाव नजर आता है उन्होंने कहा कि अब लोग समझ रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना चाहिए मास्क को लेकर भी धारणा अब बदलने वाली ही है आप देखियेगाए मास्क अब सभ्य समाज का प्रतीक बन जायेगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संकट के दौरान देशवासियों के दुढ़ निश्चय से भारत के नव कायाकल्प की शुरूआत हुई है देश में बिजनेस दफ्तर शिक्षा संस्थानों और स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से नये बदलाव हो रहे हैं प्रौद्योगिकी के मामले में भी उभरती स्थिति के अनुरूप हर क्षेत्र में नवाचार हो रहा है मोदी ने कहा कि चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित करने में डाक विभाग के कर्मी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उन्होंने ऐसे सभी कर्मियों को कोरोना योद्धा बताया गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत पैसा सीधे गरीबों के खातों में भेजा जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेजष् के तहतए गरीबों के

गरीबों को तीन महीने के मृफ्त गैस सिलेंडरए राशन जैसी सुविधायें भी दी जा रही हैं इन सब कामों मेंए सरकार के अलग अलग विभागों के लोगए बैंकिंग सेक्टर के लोगए एक जमंउ की तरह दिन रात काम कर रहे हैं चिकित्सा सेवाओं से जुड़े देशभर के कर्मियों का हार्दिक आभार प्रकट करते हुए श्री मोदी ने कहा कि डाक्टर नर्से चिकित्साकर्मी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अन्य सभी कर्मचारी देश को कोरोना मुक्त करने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि इन सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उदेश्य से हाल ही में एक अध्यादेश लागू किया गया प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अध्यादेश में कोरोना योद्वाओं को नुकसान पहुंचाने चोट पहुंचाने या उनके साथ हिंसा करने वालों को कड़े दण्ड का प्रावधान किया गया है उन्होंने किसानों और मजदूरों सहित समाज के हर वर्ग के लोगों के प्रयासों को भी सराहा हमारे किसान भाई बहनों को ही देखिये एक तरफ वो इस महामारी के बीच अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि देश में कोई भी भूखा ना सोये हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से इस लड़ाई को लड़ रहा है कोई किराया माफ कर रहा हैए तो कोई अपनी पूरी पेंशन या पुरस्कार में मिली राशि कोए च्ड ढात्मै में जमा करा रहा है कोई खेत की सारी सब्जियाँ दान दे रहा हैए तो कोई हर रोज सैंकड़ों गरीबों को मुफ्त भोजन करा रहा हैए कोई जें

प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को अक्षय तृतीया व रमजान की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्यौहार संयम सदभावना संवेदनशीलता और सेवा भाव के प्रतीक हैं उन्होंने कहा कि कोरोना ने भारत सहित दुनिया भर के लोगों के त्यौहार मनाने के तरीके बदल दिए हैं और हमें प्रकृति विकृति और संस्कृति को एक साथ देखना चाहिए मन की बात प्रतिक्रिया मन की बात कार्यक्रम के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बताई गई बातों का पालन करते हुए हम कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री के रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम को भरमौर से लेकर सिरमौर तक हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं और आमजनता ने सुना दिशा निर्देश प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन अवधि के दौरान दुकानों को दी गई छूट से संबंधित जारी किए गए स्पष्टीकरण के दृष्टिगत राज्य सरकार ने इससे संबंधित दिशा निर्देशों को सख्ती से कार्यान्वित करने का फैसला लिया है प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि कर्फ्यू में छूट के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल की दुकानों को छोड़ कर अन्य सभी दुकानें खुली रहेंगी शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानें आस पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसर में स्थित दुकानें खुली रहेंगी जबकि मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल में दुकानें बंद रहेंगी प्रवक्ता ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में बाजार व बाजार परिसर में स्थित दुकानें बंद रहेंगी राष्ट्रीय निर्देशों के मुताबिक शराब की दुकानें सैलून व नाई की दुकानें और रेस्तरां भी बंद रहेंगे आग आज शिमला ज़िला की चिड़गांव तहसील के डुगियाणी गांव में भीषण आग से सात मकान और दो मंदिर जलकर राख हो गए

दमकल विभाग और राहत दलों को आग पर काबू पाने में कई घंटे लग गए प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवारों को फौरी राहत प्रदान कर दी गई है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भीषण अग्निकांड पर गहरा दुःख व्यक्त किया है उन्होंने इस हादसे में एक महिला के जिंदा जलने पर भी दुःख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी सम्वेदना प्रकट की है

इस मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी है अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये त्यौहार आशा ख्शहाली उल्लास व सफलता का प्रतीक है राज्यपाल ने कहा कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत सभी लोग घरों में रहकर ही इस त्यौहार को मनाए उन्होंने आशा व्यक्त की कि अक्षय हमें इस महामारी से लड़ने की हिम्मत प्रदान करेंगे वापिसी लॉकडाउन के कारण प्रदेश के बाहरी राज्यों में फंसे विद्यार्थियों को प्रदेश सरकार ने वापिस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है इसके तहत प्रदेश में अब तक कुल सौ विद्यार्थी पहुंचे है

प्रदेश में पहुंचे इन सभी विद्यार्थियों की चिकित्सीय जांच की गई